प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हए आज शासन सचिवालय में गृह मंत्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की जा रही है इस बैठक में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड मुख्य सचिव डी बी ग्रप्ता पुलिस महानिदेशक ओ पी गल्होत्रा सहित अन्य विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमरूदों का बाग में होने वाली इस सभा का आज विशेष एस सुरक्षा दल ने जायजा लिया श्री मोदी इस सभा में केन्द्र सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं के लाभान्वितों से संवाद करेंगे इसके लिये सभी जिले के जिला अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली है

न्यायालय ने देश में इस तरह की हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की मांग से जुड़ी एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया

इस हेतु राज्य में जयपुर जोधपुर उदयपुर और कोटा चयनित अधिकृत कोन्द्र हैं

उन्होंने कल जयप्र में जानकारी देते हुए बताया कि कुछ खरीद केन्द्रों पर लहसुन खरीद में वरियता क्रम में उल्लघन की शिकायत प्राप्त होने पर जॉच के लिए तीन सदस्यों की उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है यह कमेटी सात दिन में अपनी रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक राजफैड को प्रस्तुत करेगी

ये कल चूरू जिले में घांघू से राणासर के बीच बनने वाली सड़क के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि इस पाईप लाईन के माध्यम से क्षेत्र के निवासियों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी

जयपुर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि बैंक की शाखा बस्सी के तहत जीतावाला और कानोता ग्राम सेवा सहकारी समिति तथा फागी में माधोराजपुरा और डाबिच में शिविर आयोजित होंगे इसी प्रकार सवाईमाधोपुर के ग्राम सेवा सहकारी समिति रवाजना चौड में भी कल इन शिविरों का आयोजन किया गया

इस प्रदर्शन में शहर की शिक्षण संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया